वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में श्री देवड़ा ने मध्यप्रदेश के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये

इनमें कहा गया है कि इस दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित करने को कहा गया है सीखने के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इन दिशा निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों के व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बतायी गई है शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढ़ाये ताकि कक्षाओं में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके शहीद जम्मू कश्मीर के कोलगवां में शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर श्रीनगर से विशेष विमान से लखनऊ लाया जा रहा है उनकी देह देर रात गृहग्राम सतना जिले के पड़िया लाई जा रही है यहां राष्ट्र सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जायेगी

इन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि दो घायलों को इंदौर भेजा गया है पुलिस के अनुसार सोयाबीन काटने आये मजदूरों की पिकअप वैन तिरला थाना क्षेत्र के चिखलिया पाटा के पास खड़ी थी तभी पीछे से आये टैंकर ने उसे टक्कर मार दी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए समुचित इलाज के निर्देश दिये हैं कलेक्टर अलोक सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों और घायलों को तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है वहीं घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने टैंकर जब्त कर लिया है फरार चालक की तलाश की जा रही है

परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण विभाग की इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में अबुधावी में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा